लोक आस्था और सूर्योपासना का महापर्व छठ आज उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ संपन्न हो गया चार दिवसीय छठ महापर्व के चौथे दिन श्रद्वालुओं ने उगते सूर्य को नदी नहर तालाबों और अपने घर की छतों पर बने जलक्ंड में अर्घ्य अर्पित किया अर्घ्य देने के साथ ही छठ का अनुष्ठान पूर्ण हुआ इसके बाद व्रतियों ने हवन किया और प्रसाद ग्रहण कर पारण किया विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि सूर्योदय के काफी पहले से ही व्रती घाटों पर पहुंचने लगे थे इस दौरान व्रती छठी मईया और भगवान भास्कर की महिमा के गीत गा रहे थे वहीं विभिन्न प्रजा समितियों द्वारा लाउडस्पीकरों से बजाये जा रहे छठ के पारंपरिक गीतों से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया था सूर्योदय के साथ ही अर्घ्य अर्पित करने का सिलसिला शुरू हुआ जो काफी देर तक चलता रहा पटना में गंगा नदी में अर्घ्य अर्पित करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये थे औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर पटना जिले में बाढ़ स्थित पुण्यार्क मंदिर मसौढ़ी अनुमंडल स्थित सूर्य मंदिर दुल्हिन बाजार के उलार्क शेखपुरा के तेउस सूर्य मंदिर बक्सर के राम रेखा घाट नवादा जिले के हंडिया सूर्य मंदिर गया में दक्षिणार्क सूर्य देवालय और नालंदा जिले में बड़गांव के बालार्क तथा औगांरी गांव स्थित अंगार्क सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर को स्थानीय व्रतियों सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में आये छठ व्रतियों ने अर्घ्य अर्पित किया इधर भोजप्र जिले में लाखों श्रद्घालुओं ने दुल्लमचक स्थित शिव मंदिर घाट बेलाऊर स्थित सूर्य मंदिर गंगा घाट गांगी नदी नाहर और सैकड़ों स्थलों पर सामूहिक रूप से अर्घ्य दिया जमुई जिले में आस्था और उल्लास के बीच छठ पर्व मनाया गया

देश के अन्य भागों में भी बिहार के प्रवासी लोगों ने पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के वातावरण में छठ पर्व मनाया अररिया जिला में ऐतिहासिक परमान नदी अररिया नहर समेत जिले के सभी प्रखंडों और ग्रामीणों क्षेत्रों में सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया बांका जिले के विभिन्न नदी के किनारे स्थित घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्वालुओं ने अर्घ्य अर्पित किया समस्तीपूर जिले में गंगा कोसी कमला और ब्रूढ़ी गंडक समेत विभिन्न नदियों और सरोवरों में बने घाटों पर व्रतियों ने अर्घ्य दिया मूजफ्फरपूर जिले में बूढ़ी गंडक समेत विभिन्न नदियों और पोखरों में बने दो सौ चार घाटों पर व्रतियों ने अर्घ्य अर्पित किया कटिहार जिले में गंगा कोसी और महानंदा समेत अन्य नदियों में व्रतियों ने अर्घ्य अर्पित किया राज्य के विभिन्न जेलों में कैदियों ने भी लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस केंद्रीय जेल मुंगेर समस्तीपुर मंडल कारा और पटना स्थित बेउर आदर्श कारा में कैदियों ने छठ पूजा का अनुष्ठान किया छठ के बाद प्रदेश से बाहर जाने वालों के लिए रेलवे की ओर से कई विशेष गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है यात्रियों की भीड़ को देखते हुये रेलवे ने सत्ताईस अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है इन ट्रेनों में पटना बरौनी सहरसा मुजफ्फरपुर दरभंगा और गया स्टेशनों से नई दिल्ली मुम्बई और सिकंदराबाद जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा इनमें सात ट्रेनें पटना जंक्शन से खुलेगी जो आनंद बिहार मुम्बई सिकंदराबाद और हबीबगंज के लिये जायेगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं राष्ट्रपति सचिवालय से राज्य सरकार को मिले कार्यक्रम के अनुसार श्री कोविंद समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना सह दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे शाम को पटना के ज्ञान भवन में एनआईटी के आठवें दीक्षांत समारोह में सफल छात्र छात्राओं को मेडल प्रदान करेंगे एनआईटी प्रबंधन ने बताया कि दस छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया जायेगा इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र दो हजार सत्रह अठारह के सात सौ छत्तीस विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जायेगी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संसदीय कार्य मंत्रालय का भी प्रभार संभालेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें यह प्रभार सौंपा है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा को रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के आसामयिक निधन के कारण यह पद रिक्त हो गया था आज विश्व मधुमेह दिवस है हर साल चौदह नवम्बर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है विश्व मध्मेह दिवस को अंतरराष्ट्रीय मध्मेह संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे में शुरू किया गया था राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में मध्रमेह जागरूकता के लिये जांच शिविर पखवाड़ा मनाया जा रहा है राष्ट्र आज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनकी एक सौ उनतीसवीं जयंती पर भावभिनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पंडित नेहरू के जन्म दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इस अवसर पर पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के समीप पंडित नेहरू के प्रतिमा स्थल पर मुख्य राजकीय समारोह आयोजित किया गया है समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के कई गणमान्य सदस्य प्रथम प्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने का अंतिम मौका दिया है परीक्षार्थी पंद्रह से सत्रह नवम्बर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह जानकारी दी है बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हर्रख मोहल्ला में घाट पर जाने के दौरान करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गयी समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी के बेझाडीह गांव में अगलगी घटना में दस घर जलकर रख हो गये खगड़िया जिले के चौथम थाना अंतर्गत सोहरबा गांव में आपसी विवाद के बाद गोलीवारी में दो व्यक्ति घायल हो गये भोजपुर जिले के पीरो थाना के बराव गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी हीरो मारा गया पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने बताया कि हीरो के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं और लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी प्रयागराज में सत्रह नवम्बर तक आयोजित इकसठवें सीनियर राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के लिये बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है अम्यच्योर इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के तत्वावधान में बिहार टीम में विभिन्न भार वर्गो के लिये दस खिलाड़ियों का चयन किया गया है चयनित खिलाड़ी में मुकेश कुमार सिंह अरविंद अजय कुमार जेपी चौधरी मनीष कुमार अरमान अर्जुन कुमार यादव शिव कुमार यादव अमित कुमार और दीपक कुमार शामिल हैं